सघन टीकाकरण मिशन इन्द्रधनुष अभियान का दूसरा चरण कल से प्रदेश भर में हुआ शुरू साढ़े पांच लाख से अधिक बच्चों और एक लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं को दवाएं दिये जाने का लक्ष्य मैनपूरी में नवोदय विद्यालय की छात्रा की मृत्य के मामले में जिलाधिकारी भी हटाये गये मामले की सीबीआई जांच के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र से दोबारा किया अनुरोध प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त सीट पर भाजपा प्रत्याशी अरूण सिंह ने अपना नामांकन पत्र भरा निर्विरोध निर्वाचित होना तय लोकसभा ने कल कराधान कानून संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया यह विधेयक इस संबंध में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा इस विधेयक में घरेलू कम्पनियों को बाईस प्रतिशत की दर से कर के भुगतान का विकल्प दिया गया है बशर्ते वे आय कर अधिनियम के तहत कटौती का दावा न करे फिलहाल चार अरब रूपये तक के सालाना संकल करोबार वाली घरेलू कम्पनियों को पच्चीस प्रतिशत तथा अन्य घरेलू कम्पनियों को तीस प्रतिशत आय कर देना पड़ता है विषेयक पर बहस का जवाब देते हए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि नये विनिर्मोतओं सहित घरेलू कम्पनियों के लिए कॉरपोरेट कर में कटौती का सरकार का फैसला चीन और अमरीका के बीच मौजूदा व्यापार युद्ध के संदर्भ में किया गया है उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों ने कॉरपोरेट कर की दरे कम की है उन्होंने कहा कि इस कदम से निवेश बढ़ेगा आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार बढ़ेंगे वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में हैं नवम्बर में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पांच प्रतिशत की वृद्वि हुई और जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रूपये से अधिक हो गया वित्त मंत्री ने कहा कि सभी कल्याण योजनाओं पर खर्च के बावजूद देश का राजकोषीय अन्शासन नियंत्रण में है और चार प्रतिशत से काफी नीचे है वित्त मंत्री ने कहा कि नई कर छूट केवल उन्ही कम्पनियों को मिलेगी जो इस वर्ष अक्टूबर के बाद स्थापित की गयी है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अध्यादेश लाये जाने के बाद पिछले दो महीनों में क्या परिणाम हासिल हुए उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में मांग बढ़ाने के लिए सरकार को जीएसटी की दर कम करने का सुझाव दिया सघन टीकाकरण मिशन इन्द्रधनुष का दूसरा चरण कल से देशभर में शुरू हो गया है केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उदेश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्मवती महिलाओं को डिथिरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है चुने गये क्षेत्रों में इनसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएन्जा से बचाव के टीके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं अगले वर्ष मार्च तक चलने वाले इस चरण का लक्ष्य सत्ताईस राज्यों के दो सौ बहत्तर जिलों का पूर्ण टीकाकरण है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने सभी से इस मिशन को आगे बढ़ाने की अपील की जो भी समाज में देश के बारे में सोसायटी के बारे में गहराई और गंभीरता से सोचता है उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने तरीके से आप कृपया इस संदेश को भारी पैमाने पर बड़े पैमाने पर इसको फैलाए और एक भी बच्चो इस बार टीके के अमाव में वंचित न रहें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्तूबर दो हजार सत्रह में इस मिशन की शुरुआत की थी इसका उद्देश्य पहले से चलाए जा रहे मिशन इन्द्रधन्ष की क्षमता और दायरा बढ़ाकर स्वास्थ्य से इतर अन्य क्षेत्रों को भी शामिल करके रोगों की दृष्टि से अधिक संवेदनशील आबादी तक पहुंचना था यह नियमित टीकाकरण को जन आन्दोलन बनाने का प्रयास है

इस अभियान का लक्ष्य प्रदेश के नबे प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण कराना है प्रदेश में टीकाकरण अभियान चार चरणों में चलाया जा रहा है कल से पहले चरण की शुरूआत हो गयी टीकाकरण के अगले चरण में जनवरी फरवरी और मार्च माह में प्रदेश के तिहत्तर जनपदों के चार सौ पच्चीस ब्लॉकों को शामिल किया जाएगा मऊ में गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग राज्यमंत्री सुरेश पासी ने कल ख्वाजाजहांपुर गांव से सघन टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष की श्रूआत की इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों से लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने को भी कहा

उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत जिले के नौ ब्लॉकों में पांच हजार तीन सौ साठ बच्चों और आठ सौ सैंतीस गर्मवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा आजमगढ़ में जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने मुबारकपुर पुरा दीवान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से सघन मिशन इन्द्रघनुष की शुरूआत की बलिया जिले के अम्बेडकरनगर जगदीशपुर से जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कल टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दो वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोलियो की दवा भी पिलाई

उनकी जगह अपर आयुक्त गन्ना महेन्द्र बहादुर सिंह मैनपुरी के नए जिलाधिकारी होंगे एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने जिले के पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय को तत्काल प्रभाव से हटा कर डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध करते हुए उनके विरूद्व विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिये दोबारा पत्र मेजा जाये घटना के संबंध में मैनपूरी के भोगांव थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना सीबीआई से कराये जाने का अनुरोध पत्र प्रदेश सरकार की तरफ से गत सत्ताईस सितम्बर को केन्द्र सरकार को मेजा जा चुका है सीवीआई द्वारा इस प्रकरण की जांच अपने हाथ में लिये जाने तक मामले की त्वरित कार्रवाई के लिये राज्य सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन भी किया है प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रदेश सरकार दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सीड हब बनाने की योजना पर तेजी से कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की इस योजना का लक्ष्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाना है श्री शाही ने कल कानप्र में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सीड हब का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सोलह सीड हव तैयार किए जाएंगे जिनमें से चौदह पर काम शुरू हो चुका है कृषि मंत्री ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्व होगी

एक बयान में कहा गया है कि सरकार ने इसे बहत गंभीरता से लिया है और पुलिस प्रमुखों से इस संबंध में आज तक जवाब देने को कहा है सरकार ने पुलिस प्रमुखों को पिछले वर्ष एक अक्टूबर से इस वर्ष पच्चीस नवम्बर तक फसलों के अवशेष जलाने की घटनाओं की सूची भेजी थी प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त हुई एक सीट पर नामांकन भरने के अंतिम दिन कल भाजपा प्रत्याशी अरूण सिंह ने लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस सीट पर किसी अन्य दल द्वारा उम्मीदवार नहीं खड़ा करने के कारण भाजपा प्रत्याशी अरूण सिंह का राज्यसभा के लिये निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है

विधानसभा के सचिव प्रदीप दुबे ने कल यह जानकारी दी

तंजीन फातिमा प्रदेश की रामपुर सदर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बन गई है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू नई दिल्ली में आज दिव्यांगजन पुनर्वास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम राज्य के पुरस्कार से सम्मानित करेंगे वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ पूनवर्स सेवाए उपलब्ध कराने के लिये वहां के तत्कालीन जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह को मी पुरस्कृत किया जायेगा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विमाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता राज्य सरकार की ओर से विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उप राष्ट्रपति से यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे सुगम्य भारत अभियान के क्रियानवयन के लिये उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम राज्य का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन सशक्तिकरण विमाग की वेबसाइट को सर्वोत्तम दिव्यांगजन हितैषी वेबसाइट के लिये चुना गया है